प्रदेश में चारधाम सहित कई पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी राजधानी देहरादून समेत निचले इलाकों में बारिश

नौ दिन के मेले का उद्घाटन करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि साहित्य लोगों का सबसे अच्छा मित्र होता है उन्होंने कहा कि यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है जिसमें छह सौ से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं श्री निशंक ने कहा कि भारत विश्व गुरू रहा है और पूरे विश्वं ने भारत से सीखा है उन्होंने कहा कि विश्व आतंकवाद के खतरे से जूझ रहा है इसलिए गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करना जरूरी है

इस अधिनियम से भारत के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी और न ही यह किसी समुदाय या संप्रदाय के विरुद्ध है देहरादून में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और लियाकत अली के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे भारत इस समझौते पर कायम है लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति दयनीय हैं उन्होंने विपक्ष पर इस मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया

यह कानून सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक लोगों के लिए बनाया गया है नई टिहरी में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर एक प्रेस वार्ता में उन्होंने यह बात कही

गोष्ठी में नागरिकता संशोधन अधिनियम के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भरोसा न करने के संबंध में जानकारी दी गई अब पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर इस अधिनियम के बारे में लोगों को बताएंगे गोष्ठी के बाद कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में रैली निकाली सीएए बागेश्वर बागेश्वर में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्या ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जानकारी दी उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि पड़ोस के तीन देशों में जिन अल्पसंख्यक समुदायों का उत्पीड़न होता है उनको नागरिकता देने के लिए यह कानून बनाया गया है श्रीमती आर्या ने कहा कि इस कानून को आजादी के बाद तुरंत लागू हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो सका अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहसिक कदम उठाकर इस कानून को लागू करवाया है मौसम प्रदेश में आज मौसम में फिर परिवर्तन हुआ पर्वतीय जिलों में आज अच्छी बर्फबारी हुई तो मैदानी हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हुई आज चारधाम सहित चमोली टिहरी उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग बागेश्वर चंपावत पिथौरागढ़ सहित सभी पर्वतीय जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई मसूरी धनौल्टी नैनीताल समेत प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल गए बर्फबारी की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में सैलानी इन पर्यटन स्थलों पर पहुंचे वहीं राजधानी देहरादून में दोपहर बाद तेज बारिश शुरू हो गई कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई कई अन्य जगहों से भी ओलावृष्टि और बारिश की खबर है मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक खासकर पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है जिससे शीतलहर चलने की संभावना है सीएम अल्मोडा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष हरेला पर्व के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है इसके लिए उन्होंने वन विभाग व सम्बन्धित अन्य विभागों को तैयारी करने के निर्देश दिये अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक में फलदार वृक्षों को रोपने के कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले उत्पादों के विपणन की उचित व्यवस्था करने शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करने संबंधी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान द्वारा बनाये गये विवेक कृषि संदेश सेवा का शुभारम्भ किया इसके माध्यम से पंजीकृत किसानो को वायस मैसज के जरिये फसलों के समुचित प्रबन्धन और देखरेख की जानकारी मिल सकेगी मदन कौशिक हल्द्वानी कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाते हुये विकास कार्यों को गति दें साथ ही कार्यो की सूचना और जानकारी समय समय पर जनप्रतिनिधियो को भी दी जाए हल्द्वानी में उन्होंने जिला योजना के साथ ही राज्य योजना केन्द्र पोषित और वाहृय सहायतित योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को दक्ष करते हुये उनके उत्पादों के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए श्री कौशिक ने जिलाधिकारी को जनपद के पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए जिला विकास प्राधिकरण से भी पर्यटन योजनायें बनाने के निर्देश दिये

यह दिन दृष्टि दिव्यांगया आंशिक रूप से दृष्टि दिव्यांगजनों को मानवाधिकार प्रदान करने और संचार के माध्यम के रूप में ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है अल्मोड़ा में विश्व ब्रेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर वक्ताओं ने विचार वयक्त किये आपको बता दें कि ब्रेल लिपि के छह बिन्दुओं के माध्यम से ही दृष्टि दिव्यांगजन पूरे संसार को टटोल लेते हैं उनकी हाथों की उंगलियां इन छह बिन्दुओं के सहारे से संगीत साहित्य कला गणित विज्ञान की दुनिया को महसूस कर पाते हैं फ्रांस के लुई ब्रेल ने इस लिपि का विकास किया था

शिक्षक सम्मान कार्यक्रम शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने टिहरी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की

उन्होंने कहा कि शिक्षक को समाज को जागरुक करने और छात्रों के भविष्य के निर्माता के तौर पर जाना जाता है इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जनपद स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है